राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवम्बर माह तक मुफ्त अनाज देने का किया फैसला

राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा उनके समर्थक बागी विधायकों ने कल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान हुई चर्चा पर संतोष व्यक्त किया कल देर शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि उनके तथा उनके समर्थक विधायकों के संगठन तथा सरकार से जुड़े क्छ मुद्दे थे जिन्हें वे रेखांकित करना चाहते थे ये सैद्वांतिक मुद्दे थे जिन्हें पार्टी के फोरम पर रखा गया है श्री पायलट ने कहा कि तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है जो उन मुद्दों का समाधान करेगी

इससे पहले कल शाम को श्री पायलट के समर्थक और कांग्रेस से बागी हुए विधायक भंवर लाल शर्मा ने जयपुर लौटकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की बादमें पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से अब कोई नाराजगी नहीं है और सरकार पूरी तरह सुरक्षित है

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुडे सभी परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त गेहूं और चना के अलावा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भी अनाज बांटा जायेगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राशन वितरण व्यवस्था की समुचित निगरानी के निर्देश भी दिए श्री गहलोत ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे पिकनिक स्थलों पर भीड भाड इकट्ठा न होने दे बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगो को प्लाज्मा देने के लिए प्रेरित करने के लिए मोबाईल से संदेश भेजने का भी सुझाव दिया बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अलावा चिकित्सा और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नागरिकों के लिए सुविधाएं बढाकर जीवन यापन को बेहतर बनाने की कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है पिछले पांच वर्षो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्मार्ट शहर मिशन अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत और शहरों मे सबके लिए आवास योजना शुरू की है नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने आकाशवाणी को स्मार्ट सिटी मिशन के लाभों और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत किए गए कार्यो की जानकारी दी

श्री प्रसाद ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इससे यहां के निवासियों और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार होगा

चिकित्सा और स्वास्थ्य मेंत्री डॉ रघु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस इलाज में खर्च होने वाली राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा

उन्होने कहा कि आरयूएचएस अस्पताल में भी मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा